प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित कोविड प्रबंधन की स्थिति की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की राष्ट्रीय नियामक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो चुकी है निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केन्द्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया यह वैक्सीन सबसे पहले तकरीबन तीन करोड स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी इसके बाद पचास वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीडित लोगों को टीका लगाया जाएगा

प्रधानमंत्री को कोविड वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली को बारे में भी बताया गया

टीकाकरण कर्मियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया का भी निर्धारण हो चुका है

इनमें राज्य टीकाकरण अधिकारी प्रशीतन श्रृंखला अधिकारी आईईसी अधिकारी तथा अन्य भागीदार शामिल हैं

उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्च्यअल तरीके से उदघाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही

उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स कोष में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ सात नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले है

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख तेरह हजार नौ सौ अठ्ठाइस लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

बिहार के कृषि सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है इसमें किसानों को ही फायदा है इससे भारत के पांच लाख गांव में किसान का भला होने वाला है जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि पंजाब के किसान दिग्म्रमित है और यह आंदोलन विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंडी के डोम्बारी शहीद स्थल में भगवान बिरसा के आंदोलन के समय शहीद हुए क्रांतिकारी शहीदों को श्रद्वाजलि दी

वही विभिन्न राज्यों में प्रखंड स्तर पर भी कई कार्य किए जा रहे हैं उड़ीसा बंगाल असम गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तरांचल के आदिवासियों में भी विकास के प्रति ललक दिखती है ऐसे में पूरे देश के आदिवासियों को अपने समुदाय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है पिछले कई दशकों की तुलना में वर्तमान दशक में शिक्षा के प्रति आदिवासियों की जागरूकता बढ़ी है संवैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को बरकरार रखते हुए प्रगति के पथ पर आदिवासी समाज को आगे बढ़ने की आवश्यकता है

जिर्ले के गोइलकेरा थाना से दोनों नक्सलियों को गिरफ़तार किया गया पूछताछ में गिरफ्तार नक्सलियों ने जंगल में आईईडी बम लगाने में अपनी संलिप्तता की बात स्वीकार की है इधर खूंटी जिले की पुलिस ने पत्रकार अनिल मिश्रा का बेटा संकेत मिश्रा हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को ॅगिरफ़तार किया है सिमडेगा जिले में पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार दूसरे वर्ष पुलिस अंकल ट्यूटोरियल की शुरुआत की गई है इसके तहत मैट्रिक के वैसे परीक्षार्थियों की निशुल्क कोचिंग कराई जाएगी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है सिमडेगा के एसएस प्लस ट्र हाई स्कूल में इसका उदघाटन उपायुक्त सुशांत गौरव और पुलिस अधीक्षक डॉ शम्स तबरेज ने किया

उन्होंने कहा कि कोचिंग कार्य के लिए चयनित डेढ़ सौ से अधिक शिक्षक करीब उन्नीस सौ परीक्षार्थियों को पढ़ायेंगे

झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने हजारीबाग में अधिकारियों के साथ बैठकर विभागवार कार्यों की समीक्षा की इस क्रम में कई विभागों को समिति के सभापति दीपक बिरुआ और अन्य सदस्यों ने कई निर्देश दिए साथ ही जानकारी उपलब्ध कराने की बात भी कही विभागीय समीक्षा के बाद समिति ने कई योजनाओं का निरीक्षण किया

इस दौरान उन्होंने पाया कि एक तरफ जहां सड़क मरम्मत की जानी है वहां नहीं किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर अच्छी सड़क पर मरम्मत का काम किया जा रहा है

जिला स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन मेंबर रेलवे ट्रिब्यूनल ध्र्व सिंह ने किया जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप मे राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी उपस्थित थे उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जटाशंकर चौधरी ने कहा कि खेल ऐसा क्षेत्र जहां अगर आपके भीतर प्रतिभा है और आप उसके लिए अपेक्षित प्रयत्न करते हैं तो सपने पूरे होते देर नहीं लगती और आप आसमान की बुलंदियां छू सकते हैं दो दिनों तक चलने वाले इस शूटिंग प्रतियोगिता मे विभिन्न आयुवर्ग के करीब दो सौ प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं सभी कैटेगरी को मिलाकर कल चालीस इवेंट होने हैं यहाँ सफल खिलाड़ियों का चयन इसी महीने देवघर मे प्रायोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा

लोग नमो ऐप या माई गॉभ ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं